हरिद्वार में सैनिक सम्मान के साथ नम आंखों से शहीद चित्रेश बिष्ट का किया गया अंतिम संस्कार मेजर विभूति ढौंढियाल की शहादत पर शोक लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बागेश्वर में लिया जायजाकहा शत प्रतिशत वीवीपैट का होगा उपयोग

वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने भगवान श्रीराम की स्तृति से बजट की शुरुआत की

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट किसान स्वरोजगार एवं महिला कल्याण पर अधारित है

सदन में बजट पेश करते हए वित्त मंत्री की तबीयत खराब हो गई इसके बाद बजट भाषण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पढ़ा इससे पहले आज तीन विधेयक सदन के पटल पर रखे गए जो पास हो गए कल रविदास जयंती के अवसर पर सदन की में अवकाश रहेगा लिहाजा इन तीनों विधेयकों को बुधवार को पारित किया जाएगा

शहर के खड़खड़ी स्थित श्मशान घाट पर सेना के अधिकारियों जवानों और बड़ी संख्या में मौजूद आम लोगों ने जाबांज मेजर बिष्ट को अन्तिम सलामी दी ब्रिगेडियर रघु श्रीनिवासन के नेतृत्व में सेना के अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने शहीद चित्रेश बिष्ट के पार्थिव शरीर पर पुष्य चक्र अर्पित किये उनके सम्मान में सेना की दुकड़ी ने शस्त्र झुका कर शोक और सम्मान प्रकट किया

बड़े भाई नीरज बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी शहीद के अंतिम संस्कार में सांसद भगत सिंह कोश्यारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट पर्यटन मन्त्री सतपाल महाराज समेत कई विधायक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए इससे पहले देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शहीद मेजर के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिवारजनों का हरसम्भव सहयोग करेगी

स्लग मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर ने बागेश्वर पहुंचकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों से स्ट्रांग रूम वीवी पैट मशीन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली जिलाधिकारी रंजना राजगूरू सहित अन्य जिला स्तर के अधिकारी इस दौरान मौजूद थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही प्रर्याप्त संख्या में वीवीपैट मशीन की व्यवस्था करने को कहा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीवी पैट के बारे में लोगों को जानकारी दी